प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है

यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चौनलों पर भी उपलब्ध रहेगा मंत्रिमंडल बैठक प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी समझा जाता है कि बैठक में प्रदेश सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के लिए तय लक्ष्यों पर हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने सहित कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कल शिमला में भाजपा कार्यसिमिति की बैठक में ये बात कही उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता पांच लाख परिवारों से संपर्क करेंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी तीन करोड़ परिवारों से संपर्क करने जा रही है सत्ती ने बताया की भाजपा अनेक प्रकार के संवाद कार्यक्रम चलाएगी जिसमें हर मंडल पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा के प्रदेश संगठनमंत्री पवन राणा भी मौजूद रहे

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में शिमला में एक रैली निकालेगी पार्टी के राजनैतिक सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने बताया कि कांग्रेस आज से भारत बचाओ संविधान बचाओ जन जागरण अभियान भी शुरू करेगी मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि सुबह शाम न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के चलते लोगों को कंपकंपाती ठंड से जूझना पड़ रहा है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के अधिकतर स्थानों में जलस्रोत जमने से लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है शिमला से राहुल को शाह की चुनौती सीएए में नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो बताएं पंजाब केसरी का शीर्षक है राहुल बाबा बताएं किस जगह है नागरिकता छीनने का प्रावधान दैनिक भास्कर के शब्द हैं काननू में एक भी प्रावधाना नागरिकता छीनने वाला हो तो उसे तथ्यों के साथ लाएं राहुल दैनिक जागरण लिखता है शिमला में गृहमंत्री का राहुल एंड कपंनी पर प्रहार विपक्षी दलों को दुष्प्रचार करने से किया आगाह दिव्य हिमाचल के अनुसार रिज से गृहमंत्री अमित शाह ने बोला हमला नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का लगाया आरोप हिमाचल दस्तक का कहना है सीएए पर शाह ने विपक्ष को दी चुनौती आपका फैसला के मुताबिक देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभरेगा हिमाचल

प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से दिव्य हिमाचल ने खबर दी है सार्वजनिक हित के मामलों में मर्जी नहीं चला सकती सरकार पंजाब केसरी की एक खबर है नालागढ़ में स्टील उद्योग की भट्ठी में विस्फोट एक वर्कर की मौत चार घायल मौसम पर दैनिक जागरण का शीर्षक है शिमला से ज्यादा ठंडा हुआ ऊना

नमस्कार